इस हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप डीआरजी के दो जवान घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के गोगुंडा इलाके में माओवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी इस आधार पर डीआरजी की टीम को गश्त पर भेजा गया इसी दौरान माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया जिसकी चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए इस बीच बीजापुर जिले में सात माओवादियों ने हथियार छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्समर्पण कर दिया है जिले के पुलिस अधीक्षक गोवर्धन ठाकुर और सीआरपीएफ के डीआईजी आलोक अवस्थी के समक्ष इन माओवादियों ने समर्पण किया इनमें से तीन माओवादियों पर तीन तीन लाख रूपये का इनाम घोषित था वहीं सुकमा जिले में भी दो माओवादियों ने सीआरपीएफ कैम्प पहंचकर पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पेण किया है आत्मसमर्पित दोनों माओवादी करीब दस वर्षो से माओवादी संगठन के लिए काम कर रहे थे इन पर पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करने सहित कसालपाड़ घटना में शामिल रहने का आरोप है कसालपाड़ घटना में सीआरपीएफ के चौदह जवान शहीद हो गए थे इधर दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल के जंगल से पुलिस ने घेराबंदी कर दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है

उधर कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन पर हत्या लूट सरकारी संपत्ति को नुकसान पहंचाने सहित कई मामले बांदे थाना क्षेत्र में दर्ज हैं सुरक्षा बलों ने ताड़बौली के जंगल में गश्त के दौरान भारमगढ़ एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य और जनताना सरकार अध्यक्ष को गिरफ्तार किया निर्वाचन आयोग मतगणना निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए सात टेबल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है बलौदाबाजार कबीरधाम और रायगढ़ जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में चौदह की जगह इक्कीस टेबल से गिनती कराने का प्रस्ताव दिया गया था जिसे मंजूरी मिल गई है अब कबीरधाम के दो विधानसभा क्षेत्रों पंडरिया और कवर्धा बलौदाबाजार के तीन विधानसभा क्षेत्रों कसडोल बिलाईगढ़ और बलौदाबाजार तथा रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की मतगणना इक्कीस टेबल में होगी इन जिलों के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में तीन सौ से अधिक मतदान केन्द्र हैं टेबलों की संख्या बढ़ने से इन जिलों में करीब चौदह चक्रों में मतगणना पूर्ण हो जाएगी इन जिलों में मतगणनाकर्मियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी पहले ही की जा चुकी है मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में सतही जल और जमीन की नमी बढ़ाने विशेषकर भू जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वैज्ञानिक ढंग से प्रयास किए जाने की जरूरत है उन्होंने इसके लिए वन जल संसाधन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को मिलकर मॉडल और प्रस्ताव बनाने के लिए कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में भू जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है और अनेक बार जल संकट की स्थिति बनती है ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य जल संरक्षण और संवर्धन की द ष्टि से देश में अग्रणी भूमिका निभाए और मॉडल प्रोजेक्ट प्रस्तुत करे अमानक बीज किसानों को अमानक बीज और खाद बेचने के मामले में शामिल कंपनियों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है ऐसी कंपनियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर उन्हें पांच साल के लिए पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है लेकिन इसके बाद भी इन कंपनियों द्वारा बाजार में बीज और खाद बेचे जाने की शिकायत मिली है कृषि संचालक एमएस केरकेट्टा ने बताया कि जल्द ही प्रदेश में खाद बीज के नमूने एकत्रित करने का काम शुरू किया जाएगा इसके लिए कृषि विभाग और बीज निगम की टीमें बनाई जा रही हैं जो इन कंपनियों के गोदामों पर छापेमारी भी करेगी बायोफ्यूल एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार धान खराब चावल कनकी और गन्ने से बायोफ्यूल बनाने की तैयारी कर रही है इसके लिए देशभर के विशेषज्ञों की कल रायपुर में कार्यशाला भी हई इस कार्यशाला में उन्नत जैव ईंधन के अनुसंधान की कार्ययोजना तथा बायोफ्यूल तैयार करने के संबंध में एक एमओयू हुआ शैक्षणिक और आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर रजत मूना और ऊर्जा सचिव अब्दुल कैसर हक ने इस पर हस्ताक्षर किए

वर्ष उन्नीस सौ इंक्यानवे में आज के ही दिन तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में आत्मघाती बम हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई गई इस मौके पर आज राजभवन मंत्रालय सहित संभी सरकारी कार्यालयों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में आतंकवाद विरोधी शपथ ली गई राजभवन में राज्यपाल के सचिव सुरेन्द्र जायसवाल और मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन कमार अधिकारियों कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने की शपथ दिलाई वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में भी आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए इस दौरान कार्यकर्ताओं को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई गई इंद्रावती बचाओ अभियान बस्तर की संकटग्रस्त इंद्रावती नदी को बचाने शुरू हुई जन जागरण पदयात्रा आज चित्रकोट में संपन्न हुई तेरह दिन पहले इंद्रावती नदी के उद्गम स्थल बस्तर के भेजापदर से शुरू हुई इस पदयात्रा में बस्तर के आम लोगों के अलावा महिलाए और स्कूली बच्चे भी शामिल हए यह पदयात्रा तीस से अधिक गांवों से होकर गुजरी इस दौरान चौपाल लगाकर बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया साथ ही पदयात्रियों ने ग्रामीणों को विभिन्न प्रजाति के करीब पौधों का वितरण भी किया चालीस हजार स्कल अवकाश स्कूल शिक्षा विभाग ने अगले शिक्षा सत्र के लिए स्कूलों और डीएड तथा बीएड कॉलेजों में दिए जाने वाले अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया है शासन ने स्कूलों के लिए बासठ दिनों की छुटिटयां घोषित की हैं नया शिक्षा सत्र सोलह जून से शुरू होगा जो अगले वर्ष तीस अप्रैल तक चलेगा इस सत्र में बच्चों को बासठ दिनों की छुटिटयां मिलेंगी आदेश के अनुसार स्कूलों में दशहरे के मौके पर पांच दिन दीपावली में छह दिन और पांच दिनों का शीतकालीन अवकाश मिलेगा वहीं हर साल की तरह ग्रीष्मकालीन अवकाश एक मई से पंद्रह जून तक रहेगा पीएससी प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीएससी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र को लेकर नया निर्देश जारी किया है इसके अनुसार अब पीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दो दिन पहले ही अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा हालांकि परीक्षा के दिन तक भी आयोग की वेबसाइट खुली रहेगी लेकिन आयोग ने उम्मीदवारों को पहले ही प्रवेश पत्र निकाल लेने की सलाह दी है मौसम प्रदेश में नौवतपा शुरू होने से पहले ही कई स्थानों पर बारिश हो रही है आज बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हई नारायणपुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे मौसम विभाग के अनुसार अगर्ले चौबीस घटेटों के दौरान सभी संभागों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बौछारें पड़ने की संभावना है वहीं दक्षिणी भाग में अगले दो दिनों के बाद भी बारिश की स्थिति बनी रहेगी इस बीच रायपुर में आज प्रदेश का सबसे अधिक तापमान चवालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं बिलासपुर में भी पारा चवालीस डिग्री पार कर गया है संक्षिप्त समाचार सरगुजा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता यूएस सिंहदेव का आज रायपुर में निधन हो गया यूएस सिंहदेव अविभाजित सरगुजा में जिला कांग्रेस के लंबे अरसे तक अध्यक्ष रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुःख व्यक्त किया है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेजयल समस्या के निवारण के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है इसके लिए टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन शून्य शून्य शून्य आठ जारी किया गया है संबलपुर मंडल में ओव्हरब्रिज पर मरम्मत कार्य की वजह से रायपुर विशाखापट्नम पैसेंजर ट्रेन कल भी रद्द रहेगी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा गोंदिया से मैंगलोर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चौबीस मई से चलाई जाएगी इसमें उन्नीस कोच रहेंगे